इनमें टुटू में खंड विकास अधिकारी कार्यालय धामी में संयुक्त कार्यालय भवन सुन्नी में आईटीआई भवन व बस स्टैंड के उदघाटन शामिल है

जयराम ठाक्र ने कहा कि इस हैल्प लाईन पर फर्जी कॉल और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से प्रदेश का तीव्र विकास सुनिश्चित हुआ है विक मादित्य सिंह विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभ क्षेत्र में किए गए उदघाटन व शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है हालांकि उन्होंने इन परियोजनाओं का श्रेय पूर्व कांग्रेस सरकार को दिया है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले में हरोली के कोविड सेंटर में जाकर कोरोना संक्रमितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया

उन्होंने बेहतर सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की सराहना की कंवर ने कहा कि विपक्ष अपनी बयानबाजी से सिर्फ लोगों को हतोत्साहित कर रहा है उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने का आहवान भी किया जम्वाल प्रदेश भाजपा ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है शिमला में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जमवाल ने कहा कि हिमाचल में भारत बंद का कोई असर नहीं रहा और केवल नाम मात्र के लिए धरना प्रदर्शन किया गया उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों से किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर जल्दबाजी में विपक्ष व किसान नेताओं से विचार विमर्श किए बगैर कृषि कानून लागू करने का आरोप लगाया है शिमला में कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार औपचारिकता के लिए किसानों के साथ वार्ता कर रही है राठौर ने कहा कि कांग्रेस इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है और किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी

युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से वसूले जा रहे वार्षिक शुल्क का विरोध किया है शिमला से जारी एक बयान में युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर ने कहा है कि इस दिशा में प्रदेश सरकार का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना रहा है उन्होंने कहा कि सरकार को जांच करनी चाहिए कि स्कूल प्रबंधन अपने अध्यापकों व स्टाफ को पूरा वेतन दे रहे हैं या नहीं अंत्येष्ठी सियाचीन ग्लेशियर पर डियूटि के दौरान बर्फीली खाई में गिरने से शहीद हुए सैनिक बिल्जन गुरंग की आज सोलन जिले के सुबाथु में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठी की गई स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कृतज्ञ प्रदेश वासियों की ओर से शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि बिलजन गुरंग को उनके देश प्रेम व कार्य के लिए सदैव याद रखा जाएगा बेटी पढाओ बेटी बचाओ शिमला जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पंचायत व खंड स्तर पर बेटियों की उपलब्धियों पर उनके नाम के होर्डिंग्स लगाए जाएंगे जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि नवजात व उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिले की बेटियों के नाम की पट्टिका उनके घरों पर लगाई जाएगी उन्होंने लोगों से बेटियों के बारे में रूढीवादी विचारधारा बदलने का आहवान भी किया